उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी विनय शर्मा की फांसी की सजा टालने की अपील खारिज कर दी है विनय शर्मा ने अपनी दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज किये जाने को चुनौती दी थी उसने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसकी दया याचिका पर दुर्भावना के साथ विचार किया गया उच्चतम न्यायालय ने शर्मा की यह दलील भी नामंजूर कर दी कि वह मानसिक रूप से बीमार है अदालत ने कहा कि उसकी चिकित्सा रिपोर्ट से साफ है कि वह मानसिक रूप से स्थिर है पटना में पिछले दिनों हुए भीषण जलजमाव के लिए दोषी ठहराये गये ब्रडको के तत्कालीन प्रबंध निदेशक अमरेन्द्र प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया गया है वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वहीं बांकीपुर अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी वीरेन्द्र कुमार तरूण और नूतन राजधानी अंचल पटना के कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है राष्ट्र ने आज पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के चालीस जवानों को श्रद्धापूर्वक याद किया पिछले वर्ष आज ही के दिन राष्ट्र की सेवा करते हुए इन जवानों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था इस हमले में बिहार के दो जवान शहीद हुए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत अनेक नेताओं ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीद जवान असाधारण व्यक्तित्व के थे जिन्होंने देश की सेवा और सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान किया

उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं इधर मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में आयोजित सभा में एनसीसी की बत्तीसवीं बटालियन के कैडेटों ने दो मिनट का मौन रखकर प्रलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल में शहीदों की स्मृति में जागृति यात्रा निकाली गयी नोवेल कोरोना वायरस कोविड नाईटिन के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है राज्य के स्वास्थ्य विभाग की निगरानी अधिकारी रागिनी मिश्रा ने कहा है कि इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि छह लोगों के रक्त और लार के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गये हैं जिनमें चार के नतीजे निगेटिव आये हैं

वे आज नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा उठाये गये कदमों और तैयारियों की समीक्षा कर रही थीं सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दिये जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है प्रधान न्यायाधीश एसएबोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मामले में लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है पीठ ने पूछा है कि क्यों नहीं उनकी जमानत रद्द कर दी जाए गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद को सजा की आधी अवधि काटने के आधार पर जमानत दे दी थी इसके खिलाफ सीबीआई की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है सूचना और प्रसारण सचिव रवि मित्तल ने कहा है कि आकाशवाणी समाचारों की गुणवत्ता और बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिए आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन स्थित रंग भवन में आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांशों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान श्री मित्तल ने बेहतर समन्वय और कार्यक्शलता के लिए श्रोताओं विज्ञापनदाताओं और विभिन्न क्षेत्रीय समाचार एकांशों के साथ सम्पर्क बढ़ाने का सुझाव दिया

आप में से हर व्यक्ति से चाहूंगा कि जो आपकी न्यूज सुनते हैं हमारे कंट्री का जो एआईआर की ही न्यूज सुनना है तो फील्ड में उनके साथ एक बार मिले और उनसे पूछे कि हमारी न्यूज में क्या अच्छी बात है और क्या खराब बात है और जो इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं वो इम्प्रूवमेंट हम करेंगे इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि आकाशवाणी समाचार विश्वसनीयता के लिए लोकप्रिय है और यह सूचना के प्रसार में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है श्रीमती जोशी ने बताया कि आकाशवाणी समाचार चौबीसों घंटे का एफ एम समाचार चैनल आरम्भ करने की प्रक्रिया में है पटना उच्च न्यायालय ने पटना एम्स में आधारभूत संरचनाओं की कमी को लेकर एम्स प्रशासन को जवाब तलब किया है न्यायालय ने सुपर स्पेशियलिटी विभागों का काम अधूरा रहने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय रेलवे स्टेशन परिसर में सौ फीट ऊँचा तिरंगा फहराया इस अवसर पर सोनपुर रेल मंडल के प्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता भी मौजूद थे पटना के गांधी मैदान में आज से राष्ट्रीय कृषि यांत्रिकीकरण प्रदर्शनी सह किसान मेले की शुरूआत हुई कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने मेले का उद्घाटन किया सत्रह फरवरी तक चलने वाले इस मेले के दौरान आधुनिक कृषि यंत्रों और फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्रों को प्रदर्शन और बिक्री के लिए रखा गया है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है इस बार प्रदेश से दसवीं की परीक्षा में एक लाख चालीस हजार जबकि बारहवीं की परीक्षा में पचपन हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे परीक्षा के लिए प्रदेश भर में दो सौ बहत्तर केन्द्र बनाये गये हैं लखीसराय स्थित लाली पहाड़ी की खुदाई के दौरान बौद्धकालीन उपचार की देवी परनाश्वरी देवी की पत्थर की प्रतिमा मिली है खुदाई का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि अब तक जहां भी बौद्ध महाविहार को लेकर खुदाई की गयी है उसमें सिर्फ इसी जगह से पत्थर की मूर्ति मिली है उन्होंने बताया कि इससे पहले गया जिले के वजीरगंज में खुदाई के दौरान एक धातु की मूर्ति मिली थी डिहरी में चल रही अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी प्रतियोगिता में बेस्ट शॉट स्टेनगन और कारबाईन स्पर्धा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के राइफल मैन रामस्वरूप ने स्वर्ण पदक जीता वहीं स्टैंडिंग पोजिशन सौ गज के मुकाबले में असम राइफल्स के अक्षय गोगोई जबकि चालीस से तीस गज की स्पर्धा का स्वर्ण पदक तमिलनाडु के रूक्कु मंगनाथन ने हासिल किया गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत दहीभाता गांव के पास अपराधियों ने एक अधिवक्ता को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया इस घटना से आक्रोशित गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया